अस्पतालों में धीरे धीरे सामान्य हो रही है चिकित्सा व्यवस्था

कैदियों को ट्रायल के लिए नहीं जाना होगा अदालत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी

आरा सदर अस्पताल में दो चिकित्सकों के साथ कथित रूप से हुई मारपीट के बाद पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर चल रहे चिकित्सक काम पर वापस लौट आये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के हस्तक्षेप के बाद आईएमए और राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया चिकित्सकों के संघ ने भोजपुर के जिलाधिकारी पर पांच दिनों के भीतर कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है इधर आरा सदर अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं के बाधित रहने के कारण पांच मरीजों की मौत की खबर है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश के सभी जेल और अदालतों में वीडियो कॉफ्रेंसिंग की सुविधा जल्द शुरू हो जायेगी पटना में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए संबंधित योजना को स्वीकृति दे दी गयी है इस तकनीकी सुविधा के उपलब्ध होने से आरोपियों को ट्रायल और गवाही के लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी राज्यपाल लालजी टंडन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को विश्व के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके जीवन दर्शन को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए श्री टंडन पटना में गांधी जी के एक सौ पचासवें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गांधीवाद एक ऐसा व्यावहारिक दर्शन है जिसका जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है और इसका अनुसरण कर कई चुनौतियों से निपटा जा सकता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार गिरावट का रूख जारी है पेट्रोल चालीस पैसे और डीजल चौवालीस पैसे प्रतिलीटर सस्ता हुआ है पिछले डेढ़ महीने के दौरान पेट्रोल की कीमत में आठ रूपये तैंतालीस पैसे प्रतिलीटर की कमी आयी है पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अगस्त महीने से भी निचले स्तर पर आ गये हैं पटना में आज पेट्रोल उनासी रूपये सतावन पैसे और डीजल तिहत्तर रूपये इक्यासी पैसे प्रतिलीटर है केन्द्र सरकार ने मध्याहन भोजन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में पांच प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबध में आदेश जारी कर दिया है पटना के पुलिस लाईन में पिछले दिनों हुए हंगामे और उपद्रव में शामिल अस्सी और जवानों की पहचान कर ली गयी है मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन जवानों की भूमिका को संदिग्ध पाया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सबों को भी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है इधर एसएसपी मनु महाराज आज इस मामले की जांच की अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अस्सी ग्रामीण आवास सहायकों और दस पर्यवेक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी छात्रवृत्ति और पोशाक योजना में कोताही बरतने के आरोप में प्रदेश के बीस जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों का वेतन बंद कर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है आरोप है कि इस अधिकारियों ने विभाग द्वारा बार बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को नहीं सौंपा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुजफ्फरपुर के कुख्यात नक्सली अनिल राम की संपत्तियों को जब्त कर लिया है एनआईए द्वारा बिहार में किसी नक्सली की संपत्ति जब्त करने का यह पहला मामला है ये कार्रवाई विधि विरूद्व क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत की गयी है अनिल राम उसकी पत्नी और उसके परिजनों के नाम से मुजफ्फरपुर स्थित भू खंडों और कई वाहनों को जब्त किया गया है अनिल राम मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र के लखनौरी का रहने वाला है और पिछले कई वर्षों से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है बिहार और झारखंड के कुख्यात नक्सली राजेश दास उर्फ उत्तम रविदास को गुजरात के वापी शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है आईबी की सूचना पर गुजरात एटीएस ने ये कार्रवाई की है राजेश दास की नवादा जिले के खरौंध रेलवे स्टेशन स्थित बेस कैंप को उड़ाने और सीआरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में तलाश थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह पचासवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से ही रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसकी सहयोगी मधु के बीच गहरे संबंधों की जानकारी मिली है सूत्रों ने बताया कि मधु ने बालिका गृह में आने वाले कई सफेदपोशों के नाम जांच एजेंसी को बताये हैं मधु से मिली जानकारियों के आधार पर सीबीआई कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है इधर पुलिस ने मंजू वर्मा को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र से एक और एकेसैंतालीस राइफल बरामद किया गया है मौके से तीन तस्कर की गिरफ्तारी हुई है साथ ही अस्सी राउंड कारतूस और पांच खोखे भी बरामद किये गये एसपी बाबू राम ने बताया कि ये बरामदगी पटना पुलिस लाईन से गिरफ्तार सिपाही धर्मवीर कुमार की निशानदेही पर हुई है गोपालगंज स्थित सासामूसा चीनी मिल तीस नवम्बर से काम करने लगेगा मिल की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है दो हजार सत्रह में इस चीनी मिल में हुए विस्फोट में नौ मजदूरों की मौत हो गयी थी और लगभग एक दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गये थे नेपाल और उत्तरप्रदेश से आ रही ठंडी हवा और पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण प्रदेश का तापमान अभी भी सामान्य बना हुआ है मौसम विभाग ने अड़तालीस घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और बढ़ोत्तरी की संभावना जतायी मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति से अपराधियों ने बिस्कोमान के मैनेजर से चौदह लाख से अधिक रुपये लूट लिये इधर मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में बावन लाख रुपये की हुई लूट के मामले में पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है बेगूसराय जिले के बलिया दियारा के हुसैना नौरंगा घाट से पुलिस ने चार अपराधियों को एक राइफल दो पिस्तौल और साठ राउंड से अधिक गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है इस दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच लगभग तीन दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग हुई मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर स्थित बरूराज सहनी चौक पर एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में अपराधियों ने दो सुरक्षा गार्डों की हत्या कर दी सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बगरौली में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी पटना सिटी के मेंहदीगंज से पुलिस ने शराब और स्मैक के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश क्मार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है एससी एसटी स्पीडी ट्रायल में तेजी लायें दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी दी है काम के प्रति लापरवाह विशेष लोक अभियोजकों को हटायें दैनिक भास्कर लिखता है अयोध्या में दो हजार दो के बाद सबसे अधिक फोर्स सत्तर हजार जवान तैनात छब्बीस तक छूटिटयां रद्द प्रभात खबर की सुर्खी है डॉक्टरों की हड़ताल खत्म आज से ओपीडी में इलाज राष्ट्रीय सहारा लिखता है अब नाबालिग भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से भरेंगे फर्राटा आज ने पाकिस्तान में हुए बम विस्फोट से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है पाक में विस्फोट पच्चीस की मौत

अस्पतालों में धीरे धीरे सामान्य हो रही है चिकित्सा व्यवस्था

कैदियों को ट्रायल के लिए नहीं जाना होगा अदालत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी